सरकार ने कहा इसके लिए किसी दस्तावेज या बायोमीट्रिक की आवश्यकता नहीं केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के बीच कोई संबंध नहीं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर केवल दो हजार दस की जनगणना को अद्यतन करने के बारे में है श्रद्दा भक्ति और हर्षोल्लास के वातावरण में आज मनाया जा रहा है क्रिसमस का पर्व

उन्नीस सौ चौबीस में पच्चीस दिसम्बर को ग्वालियर में जन्मे श्री वाजपेई तीन बार देश के प्रधानमंत्री बने दो हजार पन्द्रह में उन्हें देश के सर्वेच्च नागरिक सम्मान भारत रल से अलंकृत किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज तीसरे पहर लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई की प्रतिमा का अनावरण करेंगे वे प्रदेश के सविवालय लोक भवन में पच्चीस फूट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री श्री मोदी अटल बिहारी विकित्सा विश्वविद्यालय की आधारशिला मी रखेंगे प्रतिमा के अनावरण के अलावा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कई अन्य कार्यक्रमो का भी आयोजन किया गया है राष्ट्र आज महान शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी पण्डित मदन मोहन मालवीय की जयन्ती पर भी श्रद्वा समन अर्पित कर रहा है इस अवसर पर वाराणसी में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा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

इस योजना को पांच वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश गुजरात हरियाणा कर्नाटक मध्यप्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान में चिन्हित क्षेत्रों में लागू किया जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावरेकर ने कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि इस योजना से इन राज्यों के अठहत्तर जिलों में लगभग आठ हजार तीन सौ पचास ग्राम पंचायतों को लाम पहुंचेगा उन्होंने कहा कि अटल भू जल योजना पंचायतों के नेतृत्व में भूमि जल प्रबंधन को बढ़ावा देगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में इस योजना की शुरूआत करेंगे मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को देखते हुए रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग करने का भी निर्णय लिया है इसकी घोषणा वाजपेयी जी की जयंती पर आज की जाएगी सुरंग के चालू हो जाने पर मनाली और लेह के बीच द्री छियालिस किलोमीटर कम हो जाएगी मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में दो हजार इक्कीस की जनगणना करवाने और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने को भी मंजूरी दी गई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 श्री जावडेकर ने कहा ये जनगणना और नेशनल पोपुलेशन रजिस्टर ये समी राज्यों ने स्वीकार किया है समी राज्यों ने इसके नोटिष्टिकेशन निकाले है सो नथिंग हैज बिन न्यू हर दस साल के बाद ये होगा

यूपीए ने शुरू किया जो भी भारत में रहता है उसकी गणना इसमे होगी जनगणना का काम दो चरणों में किया जाएगा घरों की सुची और उनकी गणना का काम अगले वर्ष अप्रैल से सितम्बर तक होगा जबकि जनगणना का काम दो हजार इक्कीस में नौ फरवरी से अट्ठाईस फरवरी तक होगा केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ सीडीएस का पद सुजित करने को भी मंजूरी दी है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चार स्टार जनरल के रैंक के हॉगे और उनका वेतन रक्षा बतों के प्रमुखों के बराबर होगा चीफ ऑफ द डिफ्रेंस स्टाफ रक्षा मंत्रालय में बनाए जाने वाले सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख होंगे और वे इसके सचिव के रूप में काम करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संबोधन में इसकी घोषणा की थी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 श्री गोयल ने कहा कि यह एक बहत बड़ा सुधार कार्यक्रम है जिससे विभिन्न विभागों के कार्य में दोहरापन समाप्त होगा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के बीच कोई संबंध नहीं है एक समाचार एजेंसी से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का कोई भी डाटा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के बारे में अफवाह फैलाने वाले वास्तव में गरीबों और अत्पसंख्यकों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं श्री शाह ने कहा हमने एक एप बनाया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हर नागरिक डाउनलोड कर पाएगा अपने मोबाइल पे और भरकर दे सकता है तो जब जनगणना अधिकारी आएंगे एनपीआर के बनाने वाले लोग आएंगे तब सिर्फ टिक करके दस मिनट के अंदर काम समाप्त होगा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेना है कुछ नहीं लेना है जो इंफोरमेशन आप देंगे उसका सरकार रजिस्टर बनाएगी और इस इंफोरमेशन के आधार पर आने वाले दस दिनों तक भारत की विकास की योजनाओं का प्लानिंग होगा भारत के विकास का खाका तैयार होगा केन्द्रीय गृहमंत्री ने कहा कि अगर इस तरह का सर्वेक्षण नहीं हुआ होता तो कुकिंग गैस का कनेक्शन गरीबों को नहीं मिलता उन्होंने कहा कि जनगणना प्रत्येक दस वर्षो पर होती है और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की शुरूआत यूपीए सरकार ने की थी श्री शाह ने कहा कि वर्तमान केन्द्र सरकार इसे जारी रख रही है क्योंकि यह एक अच्छी योजना है श्री शाह ने कहा कि मकान का क्षेत्रफल और पश्चन की संख्या जैसी कृष्ठ नयी जानकारी इस बार के राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में शामिल की गई हैं एक प्रश्न के जवाब में अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून में ऐसा कोई भी प्राक्यान नहीं है जिससे किसी की नागरिकता समाप्त हो उन्होंने कहा कि राजनीतिक कारणों से कुछ लोगों को भड़काया गया लेकिन अब लोग सच्चाई जान गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अव्यक्षता में कल लखनऊ में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कानून मनरेगा के अन्तर्गत काम करने वाले मजदूरों को भुगतान में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जायेगा श्री शर्मा ने बताया कि मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरो के भुगतान में देरी होने पर अविकारियों पर दशमलव शुन्य पांव प्रतिशत प्रतिदिन का जुर्मना लगाया जायेगा मजदूरी भुगतान में पन्द्रह दिनों से अधिक की देरी होने पर श्रमिकों को प्रतिदिन नौ रूपये अधिक की मजदूरी दी जायेगी जुर्माना की राशि अधिकारियों के वेतन से काट ली जायेगी मंत्रिपरिषद ने आगरा और शाहजहांपुर नगर निगमों की सीमा विस्तार करने के साथ ही हाथरस महराजगंज अम्बेडकरनगर के जलालपुर संतकबीरनगर के मेंहदावल और महराजगंज के आनंदनगर नगर पालिकाओं की सीमा विस्तार को भी मंजूदी दे दी बैठक के दौरान वुंदेलखंड विध्यांचल पाईप लाइन से पेयजल आपूर्ति परियोजना को भी मंजूरी प्रदान की गयी वुंदेलखंड और विंद्य क्षेत्र में पेयजल योजना का विस्तार किया गया इसके जरिये इस क्षेत्र में पाईप लाइन से पेयजल आपूर्ति की जायेगी प्रमू ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्रिसमस का त्यौहार आज धार्मिक श्रद्वा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है प्रदेश भर में गिरजा घरों को आकर्षक ढंग से सजाया संवारा गया है गिरजा घरों में आज विशेष प्रार्थना समाओं के आयोजन किये गये हैं विमिन्न स्थानों पर कैरोल गायन के कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं